प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तपेदिक मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से दो हजार पच्चीस तक तपेदिक खत्म करने के अभियान का आज नई दिल्ली में शुभारम्भ किया यह लक्ष्य वैश्विक स्तर पर निर्धारित समयसीमा से पांच वर्ष पहले प्राप्त कर लिया जाएगा इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली तपेदिक उन्मूलन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया इसके बाद उन्होंने तपेदिक मुक्त भारत अभियान की भी शुरुआत की प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार तीस तक दुनियाभर में टीबी समाप्त करने का लक्ष्य है लेकिन भारत सरकार इस बीमारी से पांच वर्ष पहले ही छुटकारा पा लेना चाहती है

श्री मोदी ने कहा कि बीमारियों को खत्म करने के लिये नई पहल की गयी है बजट राशि भी बढ़ाई गयी है

इस वर्ष के बजट में ही हमारी सरकार ने इस बीमारी के मरीजों को पौष्टिक सहायता देने के लिए अतिरिक्त हन्ड्रैड मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मिशन में शामिल होने के लिये सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं जिससे सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी

कॉओपरेटिव फेडरेलिज्म की भावना को मजबूत करते हुए इस मिशन में राज्य सरकारों को अपने साथ लेकर चलने के लिए मैंने खुद देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिठ्ठी लिखकर इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है

श्री मोदी मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के समापन सत्र में शामिल होंगे प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गयी है इस सिलसिले में केन्द्र सरकार के अधिकारियों का एक दल मोतिहारी का दौरा कर चुका है सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी तथा कल्याणकारी योजनाओं और बैंक मोबाईल समेत अन्य सेवाओं को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है पहले यह तारीख इकतीस मार्च तक निर्धारित थी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चूनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की अंतिम समय सीमा तय नहीं की जा सकती है पीठ ने कहा कि सरकार बैंक खातों और मोबाइल फोन को अनिवार्य तौर पर आधार से जोड़ने के लिए लोगों पर दबाव नहीं बना सकती है न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि तत्काल पासपोर्ट लेने के लिए भी आधार फिलहाल अनिवार्य नहीं होगा

मतगणना कोन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी के जरिये प्ररी प्रक्रिया पर नजर रखी जायेगी इन क्षेत्रों में दोपहर तक सभी परिणाम आ जाने की सम्भावना है

वहीं जहानाबाद विधानसभा से चौदह और अररिया लोकसभा सीट से सात प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं भभुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सताईस मतदान केन्द्रों पर आज शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हो गया उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने बताया कि तिरपन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया मतदान के दौरान एक बूथ से निर्दलीय उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को मतदान प्रक्रिया बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया बिहार मे राज्य सभा की छह सीटों के लिए कल दाखिल किये गये सभी उम्मीदवारों के पर्चे सही पाये गये हैं नाम वापस लेने की अंतिम तारीख पन्द्रह मार्च है इसी दिन सभी प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा किये जाने की संभावना है केन्द्र सरकार ने इंडिगो और गो एयर की उन विमानों पर रोक लगा दी है जिसमें हिवटनी ईंजन लगा हुआ है उड़ान के दौरान ईंजन मेंखराबी आने की शिकायत के बाद यह निर्णय लिया गया कंपनियों ने पैंसठ उड़ानों को रद्द दिया है जिसमें दिल्ली मुंबई कोलाकाता बैंगलूरू और पटना समेत कई महत्वपूर्ण शहर शामिल हैं लखनऊ के लिए कल इंडिगो का एक विमान उड़ान भरने के चालीस मिनट बाद ही अहमदाबाद लौट आया क्योंकि उड़ान के दौरान इसका एक इंजन खराब हो गया था इसके बाद डीजीसीए ने कम्पनी के विमानों की उड़ान रद्द करने का आदेश जारी किया भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खातों में न्यूनतम औसत राशि नहीं रख पाने वाले लोगों से शुल्क में पचहत्तर प्रतिशत तक कटौती करने की घोषणा की है शहरी केन्द्रों और मेट्रो शहरों में अब ग्राहकों को पचास रूपये की जगह पन्द्रह रूपये देना होगा अर्द्वशहरी केंद्रों में शुल्क की राशि चालीस रुपये से कम करके बारह रुपये प्रतिमाह की जायेगी इस राशि पर जीएसटी भी लिया जाएगा नये शुल्क से लगभग पच्चीस करोड़ खाताधारकों को फायदा पहुंचेगा और इसे अगले महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा विधान सभा में मुख्य विपक्षी दल राजद के सदस्यों ने राज्य के चीफ सेक्रेट्री अंजनी कुमार सिंह को चारा घोटाले में आरोपी बनाये जाने पर उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज जमकर शोरगुल और हंगामा किया जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई ललित कुमार यादव भाई विरेन्द्र सहित राजद के अन्य सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे विपक्षी सदस्य सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा आरोपी बनाये जाने पर मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के समझाने बुझाने पर करीब दस मिनट बाद राजद के सदस्य शांत हो गये जिसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ राज्य सरकार ने आज कहा कि जिन प्राथमिक मध्य और उच्च विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए बेंच और डेस्क की व्यवस्था नहीं है उनके लिए धन आवंटन के लिए कार्य योजना बनायी जा रही है शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान जदयू के श्याम रजक के प्रश्न के जवाब में कहा कि चरणबद्ध ढंग से स्कूलों में उपस्कर उपलब्ध कराये जायेंगे

शहीद जवानों में बिहार के अजय कुमार यादव भी शामिल हैं शहीद जवान मुंगेर जिले के सिकंदरपुर गांव के रहने वाले थे इधर सुकमा में हुए नक्सली हमले को देखते हुए गया के नक्सल प्रभावित इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है एसएसपी गरिमा मल्लिक ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गयी है

वहीं जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद मुहल्ले से प्रलिस ने आज एटीएम मशीन के कई कैश बॉक्स बरामद किये हैं बरामद कैश बॉक्स में कई मूल्य वर्ग के नोट भी पाये गये हैं पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिव्यांश् भारद्वाज और उपाध्यक्ष योशिता पटवर्धन का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है कुलपति प्रो रासबिहारी प्रसाद सिंह ने बताया कि दानों की शैक्षणिक योग्यता की जांच को लेकर गठित समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद यह फैसला किया गया

इधर निर्वाचन रद्द होने के बाद दोनों के समर्थक छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की छात्रों ने कुलपति आवास के मेन गेट को भी तोड़ने का प्रयास किया माहौल अभी भी तनावपूर्ण है स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है

दो हजार पच्चीस तक देश से टीबी रोग के उन्मूलन का रखा गया है लक्ष्य